इधर प्रदेशभर में कप्यू का असर दिखाई दे रहा है अधिकतर बाजार बंद है परिवहन सेवाए बंद है विभिन्न जिलों से हमारे संवाददाताओं ने बताया कि लोग अपने घरों में ही है और अभियान को सफल बना रहे है

इधर प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले लोगों और अनेक संगठनों ने जनता कर्फ्यू का समर्थन किया है

प्रधानमंत्री ने वायरस से निपटने में सहयोग देने वालों के प्रति आज शाम पांच बजे आभार प्रकट करने की भी अपील की है श्रीमोदी ने लोगों से आग्रह किया है कि वे नोवेल कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए कुछ दिन उसी शहर में रहे जहां हैं ट्वीटर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों पर भीड़ बढ़ाकर लोग अपने स्वास्थ्य से खिलवाड कर रहे हैं

कल कोरोना संक्रमण की समीक्षा को दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वायरस के संक्रमण से लोगों के जीवन की सुरक्षा के लिए आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी सेवाओ को इस महीने के अंत तक पूरी तरह बंद करने के निर्देश दिए हैं सभी सरकारी और निजी कार्यालय मॉल्स दुकाने फैक्ट्रियां तथा सार्वजनिक परिवहन बंद रहेंगे उन्होंने कहा है कि इस वैश्विक महामारी से निपटने के लिए लोगों का घरों में रहना बेहद जरूरी है मुख्यमंत्री के निर्देश पर कोरोना वायरस से उत्पन्न परिस्थितियों के अनुसार रोजाना अलग अलग विभागों से जुड़े सरकार के निर्णय तथा उनकों लागू कराने के लिए गृह और परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव स्वरूप की अध्यक्षता में एक कोर ग्रूप का गठन किया गया है यह ग्रूप बंद और अन्य पाबन्दियों के कारण आम जनता विशेष रूप से गरीब और वंचित वर्ग की आश्यकताओं के लिए किए जाने वाले निर्णयों के लिए अपनी अभिशंषा करेगा मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एनएफएसए से जुड़े एक करोड़ से अधिक परिवारों जिनको एक रूपए और दो रूपए प्रतिकिलो गेहूं मिलता है उन्हें मई माह तक गेहूं निःशुल्क दिए जाने के निर्देश दिए हैं जबकि शहरी क्षेत्रों में रेहडी दिहाड़ी मजदूरों और ऐसे जरूरतमंद परिवारों जो एनएफएसए की सूची से बाहर हैं उन्हे एक अप्रेल से दो माह तक आवश्यक खाद्य सामग्री के पैकेट निःशुल्क उपलब्ध कराए जाने के भी निर्देश दिए हैं

सामाजिक सुरक्षा के तहत आने वाले सभी प्रकार के पेंशनधारियों को आर्थिक परेशानी का सामना नहीं करना पडे इसलिए इसके लाभार्थियों को पेंशन वितरण अप्रेल के पहले सप्ताह तक कर दिया जाएगा